इस संबंध में आ रही खबरों को अटकल बताया बिहार में आज कोविड उन्नीस के छह मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी

सीवान की दो महिलाओं के सैंपल जांच पॉजिटिव पाये गये

केन्द्र सरकार ने कहा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है सरकार ने इस संबंध में आ रही खबरों को अटकल बताया है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त करने का निर्णय सही समय पर किया जायेगा उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को कड़ाई से लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है श्री अग्रवाल ने आईसीएमआर के एक अध्ययन का हवाला देते हुये कहा कि यदि एक संक्रमित व्यक्ति लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करता है और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है तो वह तीस दिन में चार सौ छह लोगों को इस महामारी से संक्रमित कर सकता है बिहार में आज छह और कोविड उन्नीस पॉजिटिव मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी इसके बाद अस्पताल से छुट्टी पाने वाले स्वस्थ मरीजों की संख्या पन्द्रह हो गयी है भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मूंगेर की एक महिला और एक बच्चे को छूटटी दी गयी ये दोनों मुंगेर के उस व्यक्ति के सम्पर्क में आये थे जिसकी इलाज के दौरान पिछले दिनों कोरोना के कारण मृत्यु हो गयी थी जेएलएनएमसीएच में ही चार और मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गयी है हालांकि उन लोगों को अपने घर पर अगले चौदह दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन में रहना होगा इधर पटना के आरएमआरआई में जांच के दौरान सीवान की दो महिलाओं के नमूने पॉजिटिव पाये गये हैं दोनों महिलाएं खाड़ी देश से आये एक व्यक्ति के सम्पर्क में आयी थीं इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौंतीस हो गयी है देशभर में कोविड उन्नीस के चार हजार चार सौ इक्कीस मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से तीन सौ छब्बीस रोगी ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि एक सौ चौबीस लोगों की मौत हुई है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोविड उन्नीस के प्रबंधन के लिए राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्यारह सौ करोड रूपये दिए गए हैं और कल तीन हजार करोड रूपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्रियों से बातचीत में कोविड उन्नीस से निपटने में द्रढ़संकल्प और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे राज्य और जिला प्रशासन से सम्पर्क बनाये रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कोविड उन्नीस की स्थिति पर नजर रखने को कहा उन्होंने संबंधित मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुचारूरूप से पहुंच सके

यह जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकलें तो फेस कवर तो होना ही चाहिए मैं तो कहता हूं घर में भी होना चाहिए और आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है सोशल डिस्टेसिंग और अनुशासन का पूरा पालन करना प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिये दस प्रमुख निर्णयों और दस प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारे एकजुट संघर्ष ने हमारा संकल्प और मजबूत किया है बाइट समी ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपनासंकल्प और मजबूत किया और जब मूल भाव था इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं मैं भलेही घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है इस चीज को लोगों ने अहसास फिर से कियाहोगा गांव देहात से लेकर बड़े शहरों तक असंख्य दीयों ने प्रकाश ने कोरोना संकट केअंघेरे को उस हताश निराशा को दूर करने में एक एक नागरिक का हौसला बुलंद करने में मदद की केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से शबे बारात के अवसर पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन करने की अपील की है उन्होंने लोगों से अपने अपने घरों के अंदर ही नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियां पूरी करने का अनुरोध किया है श्री नकवी ने कहा कि लगभग सभी धर्म ग्रुओं धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि शबे बारात के अवसर पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें वहीं केन्द्रीय वक्फ परिषद के जरिए सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि शबे बारात के मौके पर लॉकडाउन लागू करने में स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करें और लोगों से धार्मिक गतिविधियां घर के भीतर ही पूरी करने की अपील करें श्री नकवी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे परिवार समाज और समूचे देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है राज्य सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के अवधि के दौरान किसी भी कम्पनी से कामगार और श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर कार्रवाई की जायेगी राज्य सरकार ने बालू गिट्टी को छोड़कर अन्य आवश्यक चीजों के मालवाहक वाहनों का निर्बाध रूप से परिचालन करने का निर्णय लिया है इसके साथ ही गाड़ियों के वर्कशाप भी खोले जायेंगे परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने आज विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी उन्होने बताया कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिया गया है परिवहन सचिव ने कहा कि खाद्य सामग्री परिवहन और अन्य अनिवार्य सेवा के मालवाहक वाहनों के आने जाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है उन्होने स्पष्ट किया कि ट्रक को रिपेयर किया जा सके इसके लिए जिलों के विभिन्न वर्कशॉप खोले जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गेहूँ की कटनी के लिए पंजाब और हरियाणा से कम्बाइंड हार्वेस्टर चालक और टेक्निशियन को लाने के लिए अनुमति दी गयी है श्री मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को असुविधा न हो इसके लिए साढ़े सात सौ अन्तर राज्यीय कर्फ्यू पास जारी किये गये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी आयुष चिकित्सकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में लगे आयुष चिकित्सकों के मानेदय में प्रतिमाह सोलह सौ सैंतीस रूपये और मुख्य धारा में कार्यरत चिकित्सकों को एक हजार तीन सौ चौरासी रूपये की बढ़ोतरी की गयी केंद्र सरकार ने कहा है कि लाकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय भंडारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि बडे पैमाने पर राज्यों को अनाज भेजा जा रहा है

श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड उन्नीस के प्रबंधन के लिए राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्यारह सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं और कल तीन हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है कोविड उन्नीस महामारी के कारण लॉकडाउन के बीच देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार सभी कदम उठा रही है गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है बाईट कोरोना महामाहरी के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है मेडिकल ऑक्सीजन आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में शामिल है इस महामारी के रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने भी विभिन्न मंत्रालयों विमागों और राज्यों को लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं इन दिशा निर्देशों के तहत गैस और तरल मेडिकल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर तरल क्रायोजनिक सिलेंडर के भंडारन के लिए क्रायोजनिक टैंक की समी विनिर्माण इकाइयां अपवाद के तौर पर शामिल हैं देशभर में इन वस्तुओं के निर्वाध परिवहन की अनुमति है सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली जीबी पंत अस्पताल दिल्ली के डॉ संजय पांडेय ने बताया कि जिन लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं अनके अलावा अन्य लोगों को भी मास्क पहनना चाहिए

यह बड़ा क्लीयर है कि माक्स की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेत्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके कोरेंटाइन में उनकी भूमिका है लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वस्थ हैं आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हैं अमी फ्लू के लक्षण नहीं हैं तो आपको माक्स पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन हां अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यह बेहतर होगा कि आप माक्स का प्रयोग करें क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा तो होगी ही दूसरे लोगों की भी सुरक्षा होगी डॉक्टर पांडेय ने कहा कि बेहतर इलाज से कोविड उन्नीस के ज्यादतर मरीज स्वस्थ हो जाते हैं

दस पर्सेट ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको थोड़ी सांस की दिक्कत होती है बटऑक्सीजन और मामूली से सपोर्ट से उसमें काफी पेशेंट बाहर आ जाते हैं पांच से दस पर्सेंटपेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें सांस की दिक्कत ज्यादा हो सकती है और यह तकलीफ आमतौरपर उन मरीजों को होती है जिनको पहले से कुछ हाइपरटेंशन है डायबिटीज है सांस की दिक्कतहै या उनकी ऐज ज्यादा है चिकित्सकों का कहना है कि कोविड उन्नीस महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरुरी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि इस महामारी का फैलाव रोकने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए

तो अगर हम इसको देखें कि हमारे फ्यूचर में ये कैसे स्प्रेड होने वालाहै तो बिल्क्ल उसपर डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है सोशल आइसोलेशन कैसारहता है इसकी जो पीक आएगा जो एक नम्बर ऑफ सर्ज ऑफ केसेज आएगा वो एक फ्लैट हो सकताहै

वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा ने कोविड उन्नीस के फैलाव और बचाव के बारे में बताया बाइट मान लीजिएघर के अन्दर ही कोई है और वो बीमार है और दूसरों को भी इसके बारे में अमी पता नहींहै कि वो बीमार है क्योंकि चार पांच दिनों तक कोई लक्षण आते ही नहीं हैं कुछ कारणपता नहीं लगता कि वो बीमार हैं तो जो उसके आसपास के घर में लोग हैं बच्चे हैं वृद्धलोग हैं वो जल्द इस बीमारी को पकड़ लेंगे अगर वो बाहर जा रहा है किसी भीड़ में जारहा है तो वो एक से कई और लोगों को भी ये बीमारी दे देगा इस तरह से समाज में फैल सकतीहै डॉक्टर अवधेश ने कहा कि इस संक्रमण से बचाव के लिए न्यूनतम दो मीटर का फासला बनाये रखना जरुरी है

ये दो मीटर का जो फासला है उसका बड़ा कारण यह है किअगर कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसके शरीर में वो कीटाणु है जो कि कोरोनाको फैलाते हैं वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी जाकर पड़ सकते हैं

कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद के लिए आगे आ रहे हैं राज्यपाल फागू चौहान ने अपने ऐच्छिक अनुदान कोष से उन्नीस लाख उनहत्तर हजार रूपये दिये हैं ताकि इससे फेस मास्क सेनेटाइजर सुरक्षा उपकरण और अन्य चीजें खरीदी जा सके इधर बेगूसराय के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर हरेराम कुमार ने अपने वेतन में से प्रत्येक माह पच्चीस हजार रूपये अगले एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान करने की घोषणा की है वहीं सदर अस्पताल के चिकित्सक आनंद कुमार शर्मा ने इस कोष में दो लाख रूपये का अंशदान किया है विभिन्न जिलों में बाहरी क्षेत्रों में स्थापित क्वारेंटिन केन्द्रों में लोगों को रहने और खाने की सुविधा प्रदान की गयी है वहीं शिवहर जिले में चौबीस ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहां डेढ़ हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गयी है दरभंगा में एक सौ संतानवे केन्द्रों में लगभग ढ़ाई हजार लोगों को भोजन कराया गया इधर अररिया जिले के रानीगंज में बने एक क्वारेंटिन केन्द्र से एक संदिग्ध के फरार होने के बाद प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज करायी है बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले तेरह लोगों की जांच करायी गयी है सभी की रिपोर्ट निगेटिव पायी गयी नवादा में जांच के बाद एक सौ एक में से चौहत्तर सैंपल की रिपोर्ट आ गयी है सभी निगेटिव पाये गये हैं वहीं जमुई जिले में जांच के बाद सभी तेईस सैंपल निगेटिव पाये गये हैं सीतामढ़ी जिले में भारत नेपाल सीमा पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है एसएसबी और स्थानीय पुलिस द्वारा यहां लगातार गश्त की जा रही है केन्द्र सरकार ने बैंकों और डाकघरों में पैसे निकालने के लिए ग्राहकों की जमा हो रही भीड़ के प्रबंधन और इस दौरान उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने को कहा है सरकार ने जन धन खातों में डाले गये पैसे को निकालने के लिए कई क्षेत्रों में बैंकों और पोस्ट ऑफिसों में अनियंत्रित भीड़ को लेकर चिंता जतायी है

इस संबंध में आ रही खबरों को अटकल बताया बिहार में आज कोविड उन्नीस के छह मरीजों को अस्पताल से मिली छूट़टी

सीवान की दो महिलाओं के सैंपल जांच पॉजिटिव पाये गये